प्रदेश में मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों का हआ श्भारम्भ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा समाज के अंतिम व्यक्ति को स्वास्थ्य और चिकित्सीय सेवा सुलभ कराना राज्य सरकार का है लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लखनऊ में ग्यारहवीं रक्षा प्रदर्शनी का ब्धवार को करेंगे उदघाटन अन्तर्राष्ट्रीय नम भूमि दिवस पर कल प्रदेश भर में बर्ड फेस्टिवल का हुआ आयोजन केन्द्र ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केन्द्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कोरोना वायरस के फैलाव पर कड़ी निगरानी रखने को कहा है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 केरल में दो लोगों के वायरस से ग्रस्त होने की पुष्टि हई है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि सरकार स्थिति पर गहरी नजर रखे हए है उन्होंने बताया कि एहतियात के तौर पर थाईलैण्ड और सिंगापुर से भारत आने वाले यात्रियों की भी हवाई अड्डों पर जांच की जा रही है पहले केवल चीन और हॉगकांग से आने वाले यात्रियों की ही जांच की जा रही थी डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व्यक्तिगत रूप से स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं कोरोना वायरस से प्रभावित देशों से हाल ही में लौटे और उनके सम्पर्क में आए लोगों को सलाह दी गयी है कि ये नियंत्रण कक्षों में जाकर अपनी चिकित्सकीय जांच करायें इन लोगों को घर में दो सप्ताह तक बाकी सदस्यों से अलग रहने के लिए भी कहा गया है इस बीच केन्द्रीय मंत्रिमण्डल सचिव ने कल नई दिल्ली में कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों का जायजा लेते हुए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की स्वास्थ्य विदेश गृह और नागरिक विमानन मंत्रालयों के सचिवों के अलावा आईटीबीपी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज पूर्ण के प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया मंत्रिमण्डल सचिव ने अब तक छ समीक्षा बैठकें की हैं उधर चीन के वुहान से तीन सौ तीस यात्रियों को लेकर एक और विमान कल भारत पहुंचा इसमें मालदीप के सात नागरिक भी शामिल हैं इनमें से तीन सौ को दिल्ली में छावला स्थित आईटीबीपी के कैम्प में रखा गया है जबकि बाकी तीस मानेसर में रखे गये हैं उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जा रही है इस बीच सरकार ने ई वीजा पर चीन से भारत की यात्रा तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दी है यह चीनी पासपोर्ट धारकों और चीनी गणराज्य में रहने वाले अन्य राष्ट्रों के निवासियों के आवेदनों के संदर्म में लागू होगा पहले से जारी ई वीजा प्रपत्र अब वैध नहीं हैं आपात स्थिति में भारत की यात्रा करने वाले लोग पेइचिंग में भारतीय दूतावास शंघाई और ग्वांग्यू में भारतीय वाणिज्य दूतावासों से सम्पर्क कर सकते हैं उधर एक नए यात्रा परामर्श में लोगों से चीन की यात्रा न करने को कहा गया है अगर यात्रा करनी भी पड़े तो वहां से वापस लौटने पर उन्हें संघरोध में रहने का भी परामर्श दिया गया है प्रदेश में कल से मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों की श्रूआत हो गयी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चन्दौली के नौगढ़ से आरोग्य मेले का श्भारम्भ किया आरोग्य मेला प्रदेश के चार हजार दो सौ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रत्येक रविवार को आयोजित किया जाएगा इसका आयोजन सुबह दस बजे से दोपहर दो बजे तक होगा नौगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोग्य मेले को स्वास्थ्य जागरूकता का विशाल अभियान बताया मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को आरोग्य रखने की सरकार की प्रतिबद्वता के अन्तर्गत प्रदेश में प्रत्येक रविवार को आरोग्य मेले के आयोजन का निर्णय लिया गया है इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि आरोग्य मेलों के आयोजन का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति को स्वास्थ्य और चिकित्सीय सेवा सुलभ कराना है उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य जागरूकता के इस अमियान में स्वैछिक संस्थाओं और जनप्रतिनिवियों की सक्रिय सहमागिता भी ज़रूरी है जितने स्वास्थ्य मेले आरोग्य मेता लग रहे हैं आज से प्रारम्भ हो रहे हैं हर सप्ताह हर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के गोल्डन कार्ड भी बनेगें उनके वितरण की व्यवस्था भी होगी इसके साथ ही वहां पर मिशन इन्द्रेयनष का हो या छिर स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं से आच्छादित करने की व्यकस्था प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में हर सप्ताह उपलब रहेगी जिससे यह देश की बहुत बड़ी स्वास्थ्य जागरूकता का एक अभियान भी है और स्वास्थ्य जागरूकता के इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग के साथ ही चिकित्सा शिक्षा विर्मिन चिकित्सीय संगठनों के साथ ही जनप्रतिनिधियों की सहभागिता समाज के जागरूक और सामाजिक स्वयं सेवी संगठनों की सहमागिता भी अत्यंत आवश्यक है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चन्दौली में एक मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया गया है जिसका शिलान्यास जल्द होगा उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि जिन जनपदों में मेडिकल कॉलेज नही हैं वहां कम से कम एक मेडिकल कॉलेज जरूर खोला जायें इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आय्ष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को गोल्डेन कार्ड वितरित किये आरोग्य मेले में मरीजों को समस्त ओपीडी सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेंगी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि नई शिक्षा नीति से देश में शिक्षा व्यवस्था को नया स्वरूप मिलेगा डॉक्टर शर्मा ने आम बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए निनयान्नबे हजार तीन सौ करोड़ रूपये की राशि के आवंटन का जिक्र करते हए कहा कि उच्च शिक्षा को गरीब और वंचित वर्ग की पहुंच में लाने में ऑन लाइन परीक्षा कार्यक्रम अहम भूमिका निभायेगा यह कार्यक्रम देश के सौ शीर्ष संस्थानों द्वारा शुरू किया जायेगा उन्होंने कहा कि अभी तक धन की कमी की वजह से उच्च शिक्षा से वंचित रहने वालों को बेहतर शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिल सकेगा राजधानी लखनऊ में पांच से नौ फरवरी तक आयोजित होने वाली ग्यारहवीं रक्षा प्रदर्शनी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस ट्विवार्षिक आयोजन का उदघाटन दुधवार को करेंगे इस पांच दिवसीय आयोजन में देश के अंतरिक्ष रक्षा और अन्य सुरक्षा सम्बंधी उपलब्धियों का प्रदर्शन किया जायेगा

ये पिछली बार चेन्नई में हुए डेफएक्स्पो से मी ज्यादा है जहां सात सौ दो प्रदर्शनियां लगाई गई थीं

एक्सो के दौरान बंदी संख्या में सम्जौता पत्रों पर भी दस्तरखत होने के आसार है जिससे नयी व्यापारिक साझेदारियों को बल मिलेगा सुसील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय नमभूमि दिवस के अवसर पर कल आगरा में सूर सरोवर पक्षी विहार में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया प्रदेश के पर्यावरण वन एवं जलवाय् परिवर्तन मंत्री दारा सिंह और पर्यावरण वन एवं जलवाय् राज्यमंत्री अनिल शर्मा ने बर्ड फेस्टिवल का उद्घाटन किया बाद में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कैंबिनेट मंत्री दारा सिंह ने कहा कि सरकार के प्रयासों से प्रदेश में वन क्षेत्र छह दशमलव सात प्रतिशत से बढ़कर नौ प्रतिशत हो गया है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यावरण के लिए जीव जंतुओं की सुरक्षा और फॉरेस्ट कवर बढ़ाने की दिशा में निरन्तर कार्य कर रही है उन्होंने कहा कि हाल ही में देश की दस रामसर साइट्स की घोषणा हई जिसमें से छह उत्तर प्रदेश की हैं

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार नमभूमि को संरक्षित रखने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आज जल संरक्षण का अभियान चलाया जा रहा है उन्होंने कहा कि नममूमि दिवस पर बर्ड फेस्टिवल के आयोजन का उद्देश्य जीव जतुओं और नममूमि को सुरक्षित रखने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का संदेश देना है जनपद बलरामपुर में भी बर्ड फेस्टिवल डे का आयोजन किया गया क्आनो वन रेंज के हरबंशपुर पंछी जलाशय पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों को पक्षियों के प्रकार और पर्यावरण के लिए उनकी उपयोगिता के बारे में जानकारी दी गयी कार्यक्रम में वन विमाग के अधिकारियों ने स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों को पक्षियों के संरक्षण के लिए प्रेरित किया राज्य सरकार सीतापुर ज़िले के नैमिषारण्य क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही कई योजनाएं शुरू करेगी यह जानकारी कल नैमिषारण्य में पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव जितेन्द्र कुमार ने मीडिया को दी श्री कुमार ने बताया कि आधारमूत ज़रूरतों के साथ साथ पर्यटकों की सुविधा के लिए इस क्षेत्र में विज़िटर फेसिलिटी सेन्टर बनाया जायेगा उन्होंने कहा कि चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग के सुधार के अलावा पड़ाव स्थल की व्यवस्था की जायेगी